राज्य योजना विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार आज पहले सत्र में सोलन शिमला और सिरमौर जबकि दूसरे सत्र में मंडी कुल्लू व बिलासपुर जिलों के विधायकों की बैठक होगी इसी तरह कल कांगड़ा किन्नौर चम्बा ऊना हमीरपुर और लाहौल स्पीति जिलों के विधायकों की बैठक आयोजित की जाएगी इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधायक प्राथमिकताओं के कार्य बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और क्षेत्र के विकास में इनकी अहम भूमिका होती है उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध सुनिश्चित बनाने के निर्देश भी दिए हैं राज्यवर्धन राठौड केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में अपने मंत्रालय के लिए प्रशासनिक हैंडबुक जारी की हैंडबुक में पूरे देश की विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालय में काम कर रहे साढ़े सात सौ से ज्यादा अधिकारियों की विस्तृत जानकारी है राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इस हैंडबुक से न केवल अधिकारियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी बल्कि उनमें समन्वय स्थापित करने और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाने में भी सहायता मिलेगी

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ नीरज मित्तल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आईजीएमसी और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला के चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे उन्होंने बताया कि इस दौरान मरीजों की मुफत चिकित्सा जांच की जाएगी और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने धर्मशाला में आयोजित जन आभार रैली से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है चौकीदार सोने को तैयार नहीं डर से चोरों की नींद हो रही हराम दैनिक जागरण की सुर्खी है पहले ठगे जवान अब किसान पंजाब केसरी का शीर्षक है देश को लूटने वालों के खिलाफ बंद नहीं होगी लड़ाई दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अब चौकीदार से डर रहे चोर दैनिक भास्कर का कहना है पहाड़ की जवानी और पानी अब हिमाचल के ही काम आएंगे

मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है शिमला में शून्य से नीचे पहुंचा पारा मनाली कल्पा में हिमपात

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है बेशक मुख्यमंत्री जयराम जीत गए उनकी तारीफों के पुल बंध गए लेकिन प्रदेश को जो प्रधानमंत्री से चाहिए था उस अधिकार से हिमाचल फिर वंचित रह गया